मिशन के अंतर्गत आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को स्मार्ट फोन वितरित किए गए इस अवसर पर शक्ति संगम कार्यक्रम भी आयोजित किया गया है जिसके अंतर्गत पिंक ड्राईविंग लाईसेंस लाडली लक्ष्मी योजना के प्रमाण पत्र वितरित किए गए यहां महिला सशक्तिकरण के लिए संचालित विभिन्न योजनाओं की जानकारी दी गई कार्यक्रम में महिला एवं बाल विकास मंत्री अर्चना चिटनिस उपस्थित थी

सीएम कार्यशाला मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज राज्य की सभी अवैध कालोनियों को वैध करने के लिए आवश्यक कदम उठाने के निर्देश दिए श्री चौहान ने भोपाल के समन्वय भवन में आयोजित कार्यशाला के बाद मीडिया के सवालों के जवाब में कहा कि अवैध कालोनियों को वैध बनाने की उनकी प्राथमिकता है जब यह कालोनियां बन रही थीं तब रोका नहीं गया और अब कालोनियां बन जाने के बाद उन्हें अवैध घोषित बनाए रखना उचित नहीं है श्री चौहान ने कहा कि अवैध कालोनियों को वैध करने के लिए आवश्यक नियम बनाए जा चुके हैं और आवश्यकता हुयी तो और भी नियम बनाए जाएंगे लेकिन सरकार की प्राथमिकता अवैध कालोनियों को वैध बनाने की है इस कार्यशाला में श्री चौहान ने कालोनियों के संबंध में सरकार की नीतियों को विस्तार से बताया कार्यशाला में नगरीय विकास एवं आवास मंत्री श्रीमती माया सिंह भी मौजूद थीं पत्रकार डेथ भिण्ड में एक स्थानिय समाचार चैनल में कार्यरत पत्रकार संदीप शर्मा की सड़क दर्घटना में मौत हो गई यह हादसा शहर कोतवाली के पास हुआ जहां उन्हें एक ट्रक ने पीछे से टक्कर मार दी अस्पताल में इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने उन्हें श्रद्धांजली अर्पीत की है

कार्यशाला में बच्चों से संबंधित विभिन्न अधिनियमों के क्रियान्वयन पर प्रस्तुतिकरण और चर्चा होगी

पंचायत और ग्रामीण विकास मंत्री गोपाल भार्गव ने बताया कि मुख्यमंत्री कन्यादान योजना और मुख्यमंत्री निकाह योजना के कियान्वयन से प्रदेश में समरसता का माहौल निर्मित हुआ है

टेंकर आग नरसिंहपुर जिले में एक पेट्रोल टैंकर में आग लगने पर चालक ने अपनी जान जोखिम में डालकर एक बड़ा हादसा होने से बचा लिया

उसी दौरान किन्हीं कारणों से टैंकर में आग लग गई चालक ने साहस और सुझबूझ का परिचय देते हुए आग लगे टैंकर को एक किलोमीटर दूर तक दौडाता ले गया और सुनसान इलाके में ले जाकर खड़ा कर दिया जिससे एक बड़ा हादसा टल गया

बडवानी जिले में अवैध कालोनियों को वैध करने की मुख्यमंत्री की घोषणा के साथ ही कार्य शुरू हो गया है